विधान परिषद् की आठ शिक्षक और स्नातक सीटों के लिये कल होगा मतदान

विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये धुंआधार प्रचार जारी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आयोग ने चुनाव वाले राज्यों की सरकारों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को अलग से चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के सख्ती से अनुपालन के निर्देश जारी किये हैं राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड संक्रमण को लेकर नियमों का सख्ती से पालन करें आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिले के अन्य अधिकारियों को गैर जिम्मेदार उम्मीदवारों और आयोजकों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने को भी कहा है गौरतलब है कि जनसभाओं में सुरक्षित दूरी के मानदंड का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ एकत्र करने की कई घटनाएं सामने आयी हैं विधान परिषद के चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिये कल होने वाले मतदान के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उनसठ प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैंतालीस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के दायें हाथ की तर्जनी में तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के दायें हाथ की मध्यमा अंगुली में अमिट स्याही लगायी जायेगी उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिये सभी मतदान केन्द्रों पर अर्द्वसैनिक बल की तैनाती की जायेगी और सभी मतदाताओं की फोटोग्राफी होगी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये प्रचार तेज हो गया है एनडीए और महागठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार सभा और रैलियां कर रहे हैं दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास कार्यों की वजह से राजनीति का चेहरा और चरित्र बदल गया है श्री नड्डा ने कहा कि अब हर पार्टी के लोग विकास को मुद्दा बना रहे हैं भाजपा अध्यक्ष ने बिहार की कथित बदहाली के लिये राजद को जिम्मेदार ठहराया इधर वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहलगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में विकास की राशि जन जन तक पहुंच रही है उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

श्री कुमार ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि एक बार फिर अवसर मिला तो बचे हुए काम को निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा

श्री योगी ने दावा किया कि राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज रोहतास और औरंगाबाद जिले में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन दिया जायेगा उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज भी माफ किया जायेगा इधर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है उन्होंने कहा कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने औरंगाबाद में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंद्रह सालों में बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगा उन्होंने कहा कि एनडीए के सरकार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है विधानसभा चूनाव को लेकर कांग्रेस और लोजपा ने आज अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया बदलाव पत्र के नाम से जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार के साथ साथ किसानों के लिये कल्याणकारी योजनाएं पेयजल वृद्धा पेंशन योजना समेत अनेक विकास कार्यों का दावा किया गया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सूरजेवाला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी सत्ता में आयी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जायेगी श्री सूरजेवाला ने कहा कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ओर से जो वायदे किये जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जायेगा

इस मौके पर श्री पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के सपनों को साकार किया जायेगा उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आयी तो रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरा जायेगा और अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा उन्होंने कहा कि पार्टी सीता मैया का भव्य मंदिर बनायेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार उन्नीस बीस के लिए केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बोनस से तीस लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा इससे सरकार पर तीन हजार सात सौ सैंतीस करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा यह बोनस विजयदशमी से पहले एक ही किस्त में दिया जायेगा उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मियों को भी बोनस के तौर पर अठहत्तर दिनों का वेतन दिया जायेगा

जिले के दिनारा विधान समा क्षेत्र पर इस बार भी सबकी नजरे रहेंगी जद यू प्रत्याशी और मंत्री जय क्मार सिंह के कारण सत्तारुढ गठबंधन के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट हो गयी है लेकिन इस सीट से भाजपा के वेरिष्ठ नेता रहे राजेन्द्र सिॅह द्वारा पार्टी से बगावत कर लोजपा से चुनाव लड़ने के कारण चुनावी घमासान बहुत दिलचस्प हो गया है

वहीं सासाराम से विधायक अशोक कुमार इस बार जद यू के उम्मीदवार हैं उन्होंने पिछला चुनाव राजद के टिकट पर जीता था भाजपा के एक बड़े नेता रामेश्वर चौरसिया मी पार्टी से बगावत कर लोजपा के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं वहीं राजद ने यहां से नये चेहरे राजेश गुप्ता को टिकट दिया है सासाराम के चुनावी घमासान में बीस प्रत्याशी हैं चेनारी निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल युनाइटेड के प्रत्याश्रो ललन पासवान हैं जो पिछला चुनाव रालोसपा के टिकट पर जीते थे कांग्रेस लोजपा और बसपा के प्रत्याशियों के उतरने से चेनारी में भी मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं वहीं डिहरी सीट से भाजपा ने मौजूदा विधायक सत्यनारायण यादव को मुकाबले में उतारा है

राजद ने अपने विधायक संजय यादव का टिकट काट कर यह सीट माकपा माले के अरुण सिंह को दे दिया है जिनका मुकाबला माजपा के पूर्व विधायक राजेश्वर राज से है आकाशवाणी समाचार के लिए सासाराम से ददन पांडेय प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में एक हजार दो सौ सतहत्तर नये पॉजिटिव मरीजों की पहचान के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख आठ हजार दो सौ अड़तीस हो गयी है अब तक एक लाख चौरानवे हजार आठ सौ नवासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर चौरानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार दस रह गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पटना में सबसे अधिक तीन सौ आठ नये मरीजों की पुष्टि हुई है इसके अलावा मुजफ्फरपुर में उनहत्तर पूर्वी चंपारण में पैंसठ नालंदा में साठ पूर्णिया में तिरेपन नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर अब अठासी दशमलव आठ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकसठ हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक सड़सठ लाख पंचानवे हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवन हजार चौवालीस नए मामलों की पुष्टि हुई है अब देश में कोविड उन्नीस से संक्रमण के मामले छिहत्तर लाख से अधिक हो गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है साउंड बाईट त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वह इस समय वहत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाए तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापिस लौटकर आए और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाए या लोगों को घर में न बुलाएं अगर कोई आपके घर में कोई आता है तो चाहे वह आपके मित्र हैं रिश्तेदार हैं चाहे वह आपके वर्कर्स हैं

अगर उनको कोई भी लक्षण हैं कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी यही है कि सब एक दूसरे का बचाव करें केन्द्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की वैधता को आजीवन मान्य कर दिया है पहले यह अवधि सात साल निर्धारित थी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई के चेयमैन विनीत जोशी ने बताया कि नई व्यवस्था देशभर में लागू होगी

विधान परिषद् की आठ शिक्षक और स्नातक सीटों के लिये कल होगा मतदान

विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये धुंआधार प्रचार जारी